सामाजिक न्याय और आधिकारिता मंत्री थावरचंद गहलोत राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा दिये जाने के लिए यह संशोधन विधेयक पेश करेंगे लोकसभा पिछले सप्ताह इसे पारित कर चुकी है श्री गहलोत ने सभी राजनीतिक दलों से सर्वसम्मति से विधेयक ऊपरी सदन में पारित कराने की अपील की है

केन्द्रीय वस्त्र मंत्रालय की ओर से आयोजित समारोह की अध्यक्षता वस्त्र मंत्री स्मृति ईरानी करेंगी समारोह में चयनित बुनकरों को राष्ट्रीय पुरस्कारों से सम्मानित किया जायेगा

इस पहल का उद्देश्य ऊर्जा सुरक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में अनुसंधान को बढ़ावा देना है

इम्प्रिंट कार्यक्रम भारत को सामने विज्ञान और अभियांत्रिकी की मौजूद चुनौतियों से निपटने के लिए सरकारी सहायता की अपनी तरह की पहली योजना है इसका उद्देश्य समावेशी विकास और आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देना है

एक वक्तव्य में प्राधिकरण ने कहा है कि स्वार्थी तत्व गूगल की गलती के नाम पर आधार के बारे में अफवाहें और आशंकाएं फैला रहे हैं आधार के मुख्य कार्यकारी अधिकारी ए पी पांडेय ने बताया कि लोगों को घबराने की जरूरत नहीं है और उनका डाटा सुरक्षित है

इन स्थानों पर श्रीमती राजे कई विकास कार्यो का लोकार्पण और शिलान्यास भी करेंगी इससे पहले कल गौरव यात्रा देर शाम डूंगरपुर पंहची गेप सागर की पाल पर मुख्यमंत्री ने आमसभा को संबोधित किया और सरकार की उपलब्धियां बताई उन्होंने डूंगरपुर में स्वच्छता के क्षेत्र में हो रहे नवाचारों पर नगर परिषद की सराहना की राजस्थान गौरव यात्रा आज देर शाम बांसवाडा में प्रवेश करेंगी

इसकी निगरानी भी आयुक्तालय ही करेगा

जिले के किसान अब कॉकपिट ट्रे में गुणवत्तापूर्ण सब्जियां उगा रहे है कोकपिट ट्रे में उगने वाली सब्जिया में बीमारियां नही होती है और ये जमीन में उगाई गयी सब्जियो से कम समय मे आ जाती है साथ ही जमीन में मौसम के कारण खराब होने वाले बीज की समस्या भी नही रहती है

शिव मंदिरों को आकर्षक ढंग से सजाया गया है जगह जगह कावड यात्राए देखी जा रही है विभिन्न तीर्थ स्थलों से लाये गये जल से कांवडिये मोलेनाथ का जलाभिषेक कर रहे है सवाईमाघोपुर जिले के शिवाड में प्रसिद्ध घूश्मेश्वर महादेव मंदिर में आज अनेक धार्मिक आयोजन रखे गये है